छतरपुर में शुरू हुए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को अन्ना हजारे ने भी सराहा

श्री चौहान ने भोपाल में बताया कि इस संबंध में सरकार ने फैसला ले लिया है और आवश्यक कानून बनाने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गयी हैं श्री चौहान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि मध्यप्रदेश के संसाधनों पर अब इस राज्य के निवासियों का हक होना चाहिए

राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का लाभ राज्य के ही युवाओं को मिलेगा

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

नमो एप फोरम या माईजीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं

यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है

प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत भिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है नर्मदा तवा सहित कई नदियां और नाले ऊफान पर हैं राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रूक रूकर बारिश हो रही है

पन्ना में जोरदार बारिश का दौर जारी है इस कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया

वहीं रीवा सतना अनूपपूर उमरिया डिंडौरी खंडवा खरगोन अलीराजपुर होशंगाबाद सीहोरबैतल अशोकनगर शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है उधर उमरिया जिले में लगातार भारी बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में पानी भर गया

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्य के अलावा गोवा के राज्यपाल का काम काज भी देखेंगे समाचार संक्षेप में केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे

सागर जिले की बंडा की एसडीएम शशि मिश्रा एक सड़क हादसे में घायल हो गई

तभी एक ट्रक ने भिश्रा की गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी